और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट

भारत ने अपने सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी वायुसेना के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कल भारत की हवाई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने आज सुबह अपने लड़ाकू विमानों से जवाबी कार्रवाई की लेकिन भारत की सतर्कता और तैयारी के कारण उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सीमा में लोगों ने इस विमान को गिरते हुए देखा उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में भारत को एक मिग ट्वेंटी वन विमान खोना पड़ा और विमान का पायलट लापता है प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने पायलट के अपने कब्जे में होने का दावा किया है भारत तथ्यों का पता लगा रहा है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ उसी तरह कार्रवाई करने में सक्षम है जैसी दो हजार ग्यारह में अमरीका ने ओसामा बिन लादेन के सफाए के लिए एबटाबाद में की थी श्री जेटली ने आज नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि भारत भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है

आज नई दिल्ली में हुई इक्कीस विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में इन पार्टियों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद को कूचलने में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित की संयुक्त वक्तव्य के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में पाकिस्तान के दुस्साहस की निंदा की गई और लापता हुए भारतीय विमान की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गयी चुनाव आयोग ने कहा है कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुये स्थिति पर नजर रखी जा रही है पुलवामा की घटना के बाद आगामी लोकसभा चुनाव पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में पूछे जाने पर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुम्बई में संवाददाताओं से कहा कि आयोग की स्थिति पर पूरी नजर है उन्होंने कहा कि आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बंधा हुआ है नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि असैनिक हवाई यातायात के लिए उत्तर भारत में जिन हवाई अड्डों को आज कुछ समय के लिए बंद किया गया था उनमें फिर चालू कर दिया है इससे पूर्व भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुये श्रीनगर जम्मू और लेह हवाई अड्डा यात्री विमानों के लिए आज बंद कर दिया गया था इसके साथ ही अमृतसर हवाई अड्डे को भी बंद किया गया था

कुछ उड़ानों को वापस भी भेजा गया आज तड़के नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद सुरक्षाबलों और अन्य प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट किया गया है इधर पटना में जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डे और भागलपुर के कहलगांव में स्थित एनटीपीसी बिजली घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गयी है वहां तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नये भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा से भरपूर आज के युवा अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं

और इसलिए कई काम एक साथ करता है वो एंबीशन से भरा हुआ है क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और यही तो न्यू इंडिया का आधार है

हमारा यह स्पष्ट मानना है कि युवाओं को अवसर मिलने चाहिए राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का पहला पुरस्कार नागपुर की श्वेता उमरे को दिया गया दूसरा पुरस्कार बैंगलूरू की अंजनाक्षी और तीसरा पुरस्कार पटना की ममता कुमार ने प्राप्त किया नेपाल के पूर्वी जिले तप्लेज़ुंग में आज दोपहर बाद एक हेलिकॉप्टर के द्र्घटनाग्रस्त हो जाने से पर्यटन और विमानन मंत्री रविन्द्र अधिकारी और छह अन्य लोगों की मृत्यु हो गई नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के निजी सहायक युबराज डहल भी मृतकों में शामिल हैं पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार सातों शव बरामद कर लिए गए हैं ये लोग तेहराथ्रम जिले में एक हवाई पट्टी बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए वहां गए थे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी बारिश के कारण तापमान में गिरावट हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक दो दो सेंटीमीटर बारिश जमुई नवादा और नालंदा जिले में रिकॉर्ड की गयी वहीं शेखपुरा गया भोजपुर भागलपुर बांका और लखीसराय में भी तेज बारिश हुई है दरभंगा और सीतामढ़ी में गरज के साथ बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश के कारण नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है इससे लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के रामपुर कदला गांव के पास अपराधियों ने इलाहाबाद बैंक के कैशवैन से अड़तालीस लाख रूपये लूट लिये अपराधियों ने वैन के चालक को गोली मारकर घायल कर दिया पुलिस ने बताया कि बैंककर्मी शाखा से रूपये लेकर जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया मुख्यमंत्री नीतीश कूमार ने कहा है कि जैविक सब्जी की खेती करने वाले किसानों को तीस डिसमिल जमीन पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर आठ हजार रुपये कर दिया गया है श्री कुमार ने आज नालंदा जिले में एक सौ चौसठ लाख रुपये की लागत से तीन योजनाओं का उद्घाटन और लगभग साढ़े बारह हजार लाख रुपये की लागत वाली छियासठ योजनाओं का शिलान्यास किया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की देखरेख के लिए वित्त विभाग के अन्तर्गत एक बैंकिंग निदेशालय बनाया जायेगा श्री मोदी ने पटना में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की सड़सठवीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि केन्द्र सरकार ने डेयरी मछली पालन और पॉल्ट्री के लिए भी मात्र चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का प्रावधान किया है उन्होंने प्रदेश में संचालित बैंक को निर्देश दिया कि राज्यों के सुदूर टोलों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार करे नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा कि यदि किसी घरेलू उड़ान के छह घंटे से अधिक समय की देरी होने की संभावना हो तो विमान कंपनी को इस अवधि के दौरान यात्री को वैकल्पिक उड़ान से जाने का अवसर देना होगा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर कम्पनी को प्रभावित यात्री को टिकट की पूरी कीमत लौटाना पड़ रेलयात्री अब ट्रेन में खाली सीटों के बारे में पूरी जानकारी चार्ट बनने के बाद भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में चार्ट की तैयारी के बाद खाली बर्थ की स्थिति दर्शाने और बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का लोकार्पण किया इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न डिब्बों में उपलब्ध बर्थ की जानकारी चित्र के रूप में उपलब्ध होगी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल छपरा और मधेपुरा में प्रदेश के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गंगा स्वच्छ मिशन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इस अवसर पर छपरा के राजेन्द्र स्टेडियम और मधेपुरा के बी एन मंडल स्टेडियम में समारोह आयोजित किया गया है

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट